कहा देश की संप्रभुता को चुनौती देने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया प्रदेश में भी पुलिस स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में कई स्थानों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किये गये

प्रदेश के समी जिलों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिये विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आजाद हिंद सरकार केवल नाम की सरकार नहीं थी बल्कि नेताजी के नेतृत्व में इस सरकार ने सभी क्षेत्र से संबंधित कार्यक्रमों का सुजन किया था

श्री मोदी ने कहा कि भारत विकास के पथ पर अग्रसर है लेकिन उसे अब नई उंचाइयों को छूना है श्री मोदी ने कहा कि देश की सैन्य शक्ति हमेशा से आत्म रक्षा के लिए थी और रहेगी लेकिन अगर भारत की संप्रभुता को किसी प्रकार की चुनौती मिलती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जायेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि सशक्त बलों में महिलाओं की समान भागीदारी की नींव नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने रखी थी

वे भारत की निर्वासित अस्थायी सरकार के राज्याध्यक्ष थे

यह स्मारक आजादी के बाद से पुलिसकर्मियों के सर्वोच्च बलिदान की स्मृति में बनाया गया है अक्टूबर उन्नीस सौ उनसठ में लद्दाख के दुर्गम क्षेत्र में भारतीय पुलिस की एक छोटी टुकड़ी के जवानों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुये अपने प्राण न्यौछावर कर दिये थे

प्रधानमंत्री ने आपदा राहत में सराहनीय योगदान के लिए पुलिस और अर्द्वसैनिक बलों के लिए नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नाम पर वार्षिक पुरस्कार की घोषणा की इस स्मारक का निर्माण नई दिल्ली में छह एकड़ से अधिक भूमि पर किया गया है

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पुलिस संग्रहालय भी राष्ट्र को समर्पित किया प्रदेश में भी पुलिस स्मृति दिवस पर कई स्थानों पर श्रद्वांजलि कार्यक्रम आयोजित किये गये जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी में पुलिस दिवस परेड का आयोजन हुआ

पुलिस महानिदेशक ओपी गल्होत्रा ने परेड की सलामी ली

अब तक लगभग डेढ लाख घरों का सर्वेक्षण किया जा चुका है और तीन लाख से अधिक कंटेनर्स में एंटी लार्वा कार्रवाई की जा चुकी है बुखार से प्रमावित और गर्भवती महिलाओं की विशेष मॉनिटरिंग की जा रही है अब तक लगभग डेढ हजार सैंपलों की जांच की जा चुकी है इनमें से पॉजिटिव पाये गये अधिकांश व्यक्तियों में अब जीका के लक्षण नहीं है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीमों ने शहर का विस्तार से दौरा कर स्वास्थ्य विमाग द्वारा की जा रही रोकथाम कार्रवाई को सही बताया है

नये मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया से रूबरू करवाने के लिये विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं धौलपुर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिये पुलिस ने आज पलैग मार्च किया राजसमन्द के नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के स्कूली बच्चों ने कलात्मक और कलरफुल पोस्टकार्ड लिखकर इन्हें डाक से घर भिजवाते हुये अपने माता पिता और परिचितों को मतदान के प्रति जागृत किया डूंगरपुर में स्वीप कार्यक्रम के तहत संकल्प प्रपत्र पढाये जा रहे हैं

हमारे संवाददाता ने बताया कि एयर शो के पहले दिन लड़ाकू विमानों ने हवा में हैरतअँगेज करतब दिखाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया

हमारे श्रीगंगानगर संवाददाता के अनुसार यह घटना अनुपगढ के पास कैलाश पोस्ट की है

महेश कुमार तीन साल पहले सेना में भर्ती हुये थे

नागौर जिले के कुचामन सिटी में आज हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के ऑनलाइन आवेदन भरने के लिये शिविर लगाया गया

नागौर शहर के खाई गली स्थित एक टैंट हाउस के गोदाम में आग लगने से लाखों रूपये का सामान जल गया

पिछले चार दिन में पेट्रोल की कीमत में एक रूपये नौ पैसे और डीजल की कीमत में पचास पैसे प्रति लीटर की कटौती की जा चुकी है

गुवाहाटी में खेले जा रहे मैच में आज भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया